अधिवेशन के दूसरे दिन आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने के बाद देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हए पार्टी के इस अधिवेशन का विशेष महत्व है इसके अंत में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है

इस समिति का गठन वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि प्रदेश में अधिकाधिक पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़े इसके लिए ग्राम और वार्ड सभाओं का आयोजन किया जा रहा है

विधानसभा सचिवालय ने सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी है इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की आपत्ति को दरकिनार कर राज्यपाल कल्याण सिंह ने विधानसभा सचिव को सत्र आहूत करने के निर्देश दिए

जिससे पन्द्रह जनवरी को सत्र आहत करने के बारे में असमंजस हो गया था श्री मेघवाल ने इस मामले में राज्यपाल को भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विवेकानन्द जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और श्रभकामनाएं दी हैं श्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा है कि स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय दर्शन को सम्पूर्ण विश्व में स्थापित किया उनके विचार और आदर्श युवाओं में शक्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं उन्होंने युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने का संदेश दिया

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कल जयपुर में बताया कि सरकार द्वारा राज्य को दिये गये साढ़े तीन लाख से अधिक मीट्रिक टन मूंगफली के खरीद के लक्ष्य के विरूद्व डेढ लाख से अधिक मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है उन्होंने बताया कि खरीद केन्द्रों पर अधिकतम तुलाई क्षमता के साथ अधिक से अधिक किसानों से खरीद करने के प्रयास किये जा रहे हैं

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कल यह बात अजमेर में कही

सीबीएससी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गणित की दो परीक्षाओं के नाम मौजूदा परीक्षा के लिये मैथमैटिक्स स्टैन्डर्ड और आसान स्तर के लिए मैथमैटिक्स बेसिक होंगे विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि गणित पाठ्यक्रम का मौजूदा स्तर वहीं बना रहेगा

आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों द्वारा गांवों और स्कूलों में शिविर लगाकर स्वाईन फ्लू और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिये काड़ा पिलाया जा रहा है जालोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर भी आयुर्वेद विभाग द्वारा काड़ा पिलाया गया

पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहे इस दो दिवसीय ऊंट महोत्सव में जिले के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में पहले दिन ऊंटों की विभिन्न रौचक प्रतियोगिताओं के अलावा कई प्रतिस्पर्घाओं के साथ बैंड वादन का आयोजन होगा

वहीं जैसलमेर जिले में आज सुबह बारिश के समाचार है

भारत को जीत के लिये दो सौ नवासी रन का लक्ष्य दिया